वहीं इस गिरफ्तारी को कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि चिदम्बरम या उनके पुत्र पर आई एन एक्स मीडिया मामले में किसी अपराध का आरोप नहीं है सुरजेवाला ने यह भी कहा कि एफआईआर में पूर्व वित्तमंत्री पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चिदम्बरम को जल्दबाजी में गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं थी ऐसा सिर्फ चिदम्बरम का अपमान करने और उनकी छवि बिगाड़ने के लिए किया गया है उधर श्री चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर भोपाल में सीबीआई कार्यालय के बाहर केन्द्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया मोदी फ़ांसयात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी फ्रांस यात्रा के सिलसिले में आज पेरिस पहंच रहे हैं शाम को भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है फ्रांस में भारत के राजदृत विनय मोहन क्वात्रा ने हमारे संवाददाता को बताया कि पिछले चार वर्षो के दौरान भारत और फ्रांस के बीच संबंधो का ध्यान इस बात पर रहा कि सभी फैसलों को समयबद्व तरीके से लागू किया जाए आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का भोपाल स्थित आधार सेवा केन्द्र अगले सप्ताह से काम करना शुरू कर देगा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भृषण पांडेय ने बताया कि हरियाणा के हिसार में आधार सेवा केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है प्राधिकरण के वक्तव्य में बताया गया है कि इन आधार सेवा केन्द्रों की प्रतिदिन एक हजार नये आवेदन और आधार में संशोधन की क्षमता है ये केन्द्र सप्ताह में छह दिन सवेरे साढे नौ बजे से शाम छह बजे तक काम करेंगे तथा मंगलवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में बंद रहेंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नई चेतावनी पहली सितम्बर से लागू हो जाएगी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर जो संदेश छपा होगा वह है तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे तम्बाकू का उपभोग करने वालों में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी और व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए वे काउंसलिंग सेवा प्राप्त कर सकते हैं किकेट भारत आज अपने श्रूआती विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैच में वेस्टइंडीज से खेलेगा यह मैच आज भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से एंटीगुआ के नॉर्थ साउथ में शुरू होगा आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किया जाएगा इसे राजधानी एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों के साथ ही प्रसार भारती के यू ट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है मौसम प्रदेश में एक बार फिर मानसून सकिय हो गया है कल से कई जगहों पर बारिष हो रही है

हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी नालों और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है वर्षा से किसानो के चेहरे भी खिल गये हैं दमोह में भारी बारिश के चलते जिले की सभी नदियां उफान पर हैं मौसम विभाग ने आज से बारिश का एक और दौर शुरू होने का अनुमान जताया है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हुआ है जिसके चलते अभी बारिश का दौर जारी रहेगा

जबलप्र और सागर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर तथा रीवा और शहडोल संभागों में अनेक स्थानों पर तथा शेष संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई

इसके अलावा जबलपुर मंडला होशंगाबाद छतरपुर आदि जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है शेष जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं

जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा के झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर को नोटिस जारी किया है